उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए वे आज असम में महाबाह ब्रह्मप्त्र जलमार्ग परियोजना के श्भारंभ के बाद बोल रहे थे उन्होंने ध्बरी फ्लबारी प्ल की आधारशिला भी रखी और माज्ली सेत् के निर्माण के लिए भूमिप्जन किया जनसभा को वर्च्अल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधामनंत्री ने कहा कि ये माज्ली और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए एतिहासिक दिन है उन्होंने कहा कि पूर्वोत्त्र क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी एक बड़ी च्नौती थी लेकिन हाल ही में इस दिशा में तेजी से प्रगति हुई है श्री मोदी ने कहा कि प्ल के निर्माण से माज्ली के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने जा रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि ध्बरी और फुलबारी पुल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों को मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि जलमार्ग पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की परियोजना से असम के पर्यटन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी असम के म्ख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना की श्री सोनोवाल ने कहा कि आज माज्ली के लोगों के लिए बहत बड़ा दिन है

पडोसी देशों के बीच सहयोग की भावना की सराहना करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड की सबसे कम मृत्य् दर भारत में रही है श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण के दौरान सभी देशों को सहयोग की इस भावना को बरकरार रखने की जरूरत है प्रधानमंत्री ने कहा कि मेडिकल पेशेवरों और विशेष एयर एंब्लेंस के लिए विशेष वीजा की सुविधा होनी चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आयष्मान भारत कार्यक्रम स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी पडोसी देशों के लिए अध्ययन का विषय हो सकता है उन्होंने महामारी के प्र्वान्मान के लिए एक क्षेत्रीय मंच बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया

इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले दो दिनों में लगातार कोविड का कोई नया मामला सामने नहीं आया है और राज्य में कोविड के सक्रिय मामला की संख्या तीन है कोविड रिवरी दर निन्यानवे दशमलव छह चार प्रतिशत है और राज्यभर में कोविड जांच के लिए कल पांच सौ अड़सठ सैंपल एकत्र किए गए

इस बैठक में उप म्ख्य मंत्री चाउना मैन राज्य के खेल मंत्री मामा नात्ंग लोक सभा सदस्य तापिर गाव सहित पार्टी के कई विधायक और पदाधिकारी मौजूद थे इस बैठक में केंद्र सरकार की कृषि और नई शिक्षा नीति के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया इस अवसर पर उपम्ख्यमंत्री चाउना मैन ने पार्टी पदाधिकारियों से सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में लोगों को जागरुक बनाने का आहवान किया

परियोजना कार्य की प्रगति पर संतोष जताते हुए उन्होंने आशा व्यक्त कि की कार्य समय पर पूरा हो जाएगा श्री नालो ने परियोजना एजेंसी से ग्णवत्ता के साथ निर्धारित मानदंडो का पालन करते हए होलोंगी हवाई अड्डे का निर्माण और स्विधाओं का विकास करने को कहा

इस अवसर पर राज्य के म्ख्यसचिव नरेश क्मार विवेकानंद केंद्र के अध्यक्ष एबालकृष्णन वरिष्ठ सदस्य जोरम बेगी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे इस अवसर पर श्री बालक़ष्णन ने कहा कि पिछले चालीस वर्षों से विवेकानंद केंद्र के शिक्षण संस्थान नगरीय क्षेत्रों के अलावा दूरदराज के इलाकों की शिक्षा जरुरतों को पूरा कर रहे है उन्होंने बताया कि वर्ष उन्नीस सौ छानबे से अरुणज्योती परियोजना के तहत ग्रामीण इलाकों में नॉन फार्मल एज्केशन स्वास्थ्य सेवा महिला मंच य्वा शाखा और सांस्कृतिक मंच के माध्यम से शिक्षा स्वास्थ्य महिला सशक्तिकरण सांस्कृतिक आदान प्रदान और य्वा गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है

इसका उद्घाटन आज सी आर पी एफ के कमांडेंट एच एस केल्स ने ई ए सी लिखा राधे की मौजूदगी में किया इस लाईब्रेरी में छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में किताबें उपलब्ध है और विद्यालय के छात्रों ने प्स्कालय के शुरु होने से खुशी का इजहार किया है अपने संबोधन में श्री केल्स ने कहा कि सी आर पी एफ द्वारा सिविक एक्शन प्लान के तहत शिक्षा स्वास्थ्य स्वच्छता सहित स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कई तरह की सहायता दी जा रही है